प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे इस योजना का उद्देश्यव अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है एक सौ पच्चीस दिन के इस अभियान को मिशन मोड में लागू किया जाएगा यह अभियान उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्यप्रदेश ज्ञारखंड और ओडीसा के उन एक सौ सोलह जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा रही है

इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से दो तिहाई को रोजगार मिलने का अनुमान है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पररस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है लेकिन यह असाधारण समय है और इसलिए हमें इसे घर पर रहकर ही मनाना होगा श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष के योग दिवस का विषय है घर पर योग और परिवार के साथ योग उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जुझ रही है लेकिन योग में इस बीमारी से उत्पन्न चुनौतियों के बहआयामी समाधान हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि योग से प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होती है तथा मानसिक और शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है उन्होंने कहा कि योग में मानसिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक च्नौतियों से निपटने की क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से उबरने के बाद इस बात पर अधिक ध्यान देने की जरुरत होगी कि रोगों से कैसे बचा जाए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योग को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले कुछ वर्षो में खासकर युवाओं में योग की लोकप्रियता बढ़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के संक्रमण काल में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरसंमव प्रयास किए जाने पर बल दिया है उन्होंने कहा कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए एक सौ आठ एक सौ दो एएलएस निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस सहित सभी तरह की एम्बुलेंस की सेवा ली जाए एम्बुलेंस के कार्मिकों के लिए सैनिटाइजर पीपीई किट एन नाइन्टी फाइव मास्क और ग्लव्स आदि की व्यवस्था की जाए मुख्यमंत्री लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे कोरोना मामलों की जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाए जाने के निर्देश देते हए उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से पूरा किया जाए उन्होंने कहा कि जुन माह के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेज और मंडलीय चिकित्सालयों में लेवल दो स्तर की टेस्टिंग लैब स्थापित की जाए उन्हॉने लेवल एक और लेवल दो कोविड अस्पतालों में आवश्यकतानुसार आयुष चिकित्सकों की भी सेवाएं लेने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का तीन वर्षो में एक लाख करोड़ रुपये का भुगतान करके एक रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खातों में आज चार सौ अटठारह करोड़ रुपये का भुगतान किया यह राज्य सरकार द्वारा एक साथ सबसे अधिक भुगतान किया गया इसके पहले कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पांच सालों के दौरान केवल पन्चानवे हजार दो सौ पन्द्रह करोड़ रुपये का क्ल भुगतान किया था इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और अपने देश के साथ ही पूरी दुनिया में बंदी हो रही थी तब हर किसी ने ये सोचा कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों का क्या होगा तेकिन प्रदेश सरकार ने न केवल कोरोना के संक्रमण को रोका बल्कि लगातार चीनी मिलों को भी चलाया उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रैसला किया कि कोई चीनी मिल लॉक्बाउन के दौरान बंद नहीं होगी और इसका सफलतापूर्वक परिचालन कर दिखाया

आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी दो सप्ताह है लेकिन लोग अपने विचार टोल फ्री नम्बर एक आठ शन्य शन्य एक एक सात आठ शन्य शन्य पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो एप पर भी भेज सकते हैं